पहले और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में आयी तेजी

स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव एक पांच प्रतिशत बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इनसे किसान की भूमिका अन्नदाता से उद्यमी की हो जाएगी श्री मोदी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे

प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले किसानों के मुनाफे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया लेकिन अब सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव आया है किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में पहली बार ठोस कदम उठाये गये हैं

उसकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया है चाहे वो एमएसपी को लागू करने एमएसपी को बढ़ाने का फैसला हो यूरिया की नीम कोटिंग हो बेहतर फसल बीमा हो सरकार ने किसानों की हर छोटी छोटी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से किसानों को छोटे छोटे खर्च के लिए दूसरों के पास जाने की मजबूरी से मुक्ति मिली है

इस योजना के तहत एक लाख करोड़ रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं

इतना ही नहीं कोल्ड चेन्स मेगा फूड पार्क्स और एग्रो प्रोसेसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी अभूतपूर्व काम हुआ है विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में अठहत्तर सीटों पर सात नवंबर को होने वाले मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गयी है इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गयी इस चरण में पूर्वी चम्पारण पश्चिम चम्पारण सीतामढ़ी कटिहार समस्तीपुर सुपौल सहरसा और पूर्णिया समेत पन्द्रह जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है नामांकन पत्र बीस अक्टूबर तक भरे जा सकते हैं अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और तेईस अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं वाल्मीकी नगर लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है मतदाता विधानसभा चुनाव और वाल्मीकिनगर संसदीय उपचुनाव दोनों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए संबंधित मतदान केन्द्रों पर अलग अलग ईवीएम मशीनों का उपयोग किया जायेगा दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन के काम में तेजी आयी है भाजपा की ओर से आज पटना साहिब से पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव कला और संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने मोतिहारी से और मधुबन से सहकारिता मंत्री राणा रणधीर ने पर्चा दाखिल किया वहीं चनपटिया से उमाकांत सिंह हरसिद्धी से कृष्णनंदन पासवान काराकाट से राजेश्वर राज और उजियारपुर से शिव कुमार राय ने भाजपा उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया है इधर राजद प्रत्याशी के रूप में तेज प्रताप यादव ने हसनपुर सीट से हरसिद्धी से राजेन्द्र बिहारी इस्लामपुर से राकेश रौशन और परबत्ता से दिगम्बर तिवारी ने अपना नामांकन पर्चा भरा है जदयू उम्मीदवार के रूप में मंत्री श्रवण कुमार ने नालंदा विधानसभा क्षेत्र से मटिहानी से नरेन्द्र कुमार सिंह भोरे से सुनील कुमार और बेलदौर से पन्ना लाल सिंह पटेल ने नामांकन पत्र दाखिल किया वहीं बेतिया से कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी और एनसीपी के परवेज आलम ने तथा नौतन विधानसभा क्षेत्र से निवर्तमान विधायक मनोरमा देवी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पर्चा भरा झंझारपुर से अभयकांत मिश्र और राकेश कुमार यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है इसके साथ ही परबत्ता से रालोसपा के अंगद कृशवाहा और झंझारपूर से बिरेन्द्र कुमार चौधरी ने अपना नामांकन का पर्चा भरा है पूर्णिया के कसबा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार के रूप में हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के राजेन्द्र यादव ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया दूसरे चरण के लिए सोलह अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जायेंगे जनता दल यूनाइटेड ने आज पन्द्रह पार्टी नेताओं को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि विधायक ददन सिंह पहलवान पूर्व मंत्री रामेश्वर पासवान और भगवान सिंह कुशवाहा समेत पन्द्रह नेताओं पर कार्रवाई की गयी है जिन नेताओं को निष्कासित किया गया है वे सभी किसी अन्य दलों के टिकट पर विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं निर्वाचन आयोग ने प्लूरलस पार्टी को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दे दी है पार्टी प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी भोजपुर जिले के ख्वासपुर ओपी क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक युवक को दस लाख रूपये के साथ गिरफ्तार किया है वहीं जमुई जिले में गिद्वौर थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान चार लाख सड़सठ हजार रूपये बरामद किया है मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया पहले और दूसरे चरण के चूनाव प्रचार में तेजी आयी है इस सिलसिले में आज एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने कई रैलियों को संबोधित किया जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि यदि एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती है तो सामाजिक न्याय के साथ विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जायेगा श्री कुमार आज निश्चय संवाद के तहत वचूर्अल माध्यम से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आम लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस बार सात निश्चय के दूसरे चरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जायेगा

श्री यादव औरंगाबाद जिले के बसडीहा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है उन्होंने लोगों से विकास के लिए एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील की

रोहतास जिले के काराकाट में एक च्रनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोजपा से राजग का बिहार में कोई गठबंधन नहीं है उन्होंने आरोप लगाया कि वामपंथियों की मदद से राजद और कांग्रेस राज्य में अराजकता पैदा करना चाहती है राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में इस बार महागठबंधन की सरकार बननी तय है समस्तीपुर जिले के हसनपुर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि राज्य में बेरोजगारी चरम पर है उन्होंने वर्तमान सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया

दरभंगा मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष विजय शंकर प्रसाद ने कहा कि जब तक टीका नहीं बन जाता अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है

स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव एक पांच प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि एक दिन में एक हजार तीस रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी वहीं इसी अवधि में छह मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर नौ सौ इकसठ हो गयी है दूसरी तरफ आज कोविड उन्नीस के एक हजार दो सौ तेईस नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख अंठानवे हजार दो सौ तेईस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार आज सबसे अधिक पटना में दो सौ बहत्तर नये मामलों की प्रष्टि हुई है पूर्णिया से अंठानवे कटिहार से तिरेसठ मुजफ्फरपुर से छप्पन और जहानाबाद से छत्तीस पॉजिटिव मामले आये हैं इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या दस हजार छह सौ अड़तीस है कटिहार जिले के आबादप्र थाना क्षेत्र में आग में झुलसकर एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गयी पुलिस के अनुसार शिवानंदपुर गांव में मोमबत्ती से झोपड़ी में आग लग गयी जिससे तीन बच्चे समेत एक महिला की मौत हो गयी है पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री विनोद सिंह का अंतिम संस्कार कटिहार जिले के मनिहारी गंगा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया उनकी छोटी बेटी कृष्टि सिंह ने मुखाग्नि दी इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल स्थानीय सांसद दुलालचंद गोस्वामी राज्य सरकार के मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि और कांग्रेस नेता निखिल कुमार चौधरी समेत कई विधायक और गणमान्य लोग उपस्थित थे

पहले और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में आयी तेजी

स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव एक पांच प्रतिशत